रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पांच फरवरी से नौ फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होने वाला डिफेंस एकसपो अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी होगी

श्री सिंह आज लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर एक्सपो की तैयारी की समीक्षा करने के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे श्री सिंह ने कहा कि यह डिफेंस एक्सपो क्षेत्रफल भागीदारी और राजस्व प्राप्ति के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा इस दौरान रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव चंद्र कांत भारती ने बताया कि इस प्रदर्शनी में नौ सौ से ज्यादा कम्पनियों ने प्रतिभाग करने की इच्छा जाहिर की है जिसमें रूस अमेरिका दक्षिण कोरिया चेक रिपब्लिक फांस और इंग्लैण्ड की कम्पनियां शामिल हैं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह एक्सपो प्रदेश के विकास के लिए मददगार साबित होगा भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के प्रति समर्थन हासिल करने और इस बारे में लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज से दस दिवसीय जनसम्पर्क अभियान की शुरूआत की है इस अभियान के तहत आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में केन्द्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर उन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में अवगत कराया राजधानी लखनऊ में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने न्यायमूर्ति खेमकरन और मशहूर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव से उनके आवास पर मुलाक़ात कर उन्हें इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और यह क़ानून किसी भी धर्म के खिलाफ़ नहीं है उन्होंने समाज के सभो वर्गो विशेषकर मुसलमानों से इस क़ानून के बारे में किये जा रहे द्ष्प्रचार से बचने का आहवान किया बाइट इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गयी है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिनका कि धार्मिक उत्पीड़न हुआ है केवल उन्हीं का जिनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ है इससे परेशान होकर जब वे भारत आते हैं तो उनको नागरिकता मुहैया कराने की व्यवस्था इस एक्ट के तहत की गई है जहां तक हमारी सरकार की सोच और हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच का प्रश्न है मैं स्पष्ट करना चाहते है हम लोग यह मानते हैं सर्वधर्म संभाव ये भारत की सनातन भावना और हमारी यह पक्की सोच है जो सच्चा हिन्दुस्तानी होगा कभी भी जाति वंश धर्म मजहब अथवा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा मैं भारत के रहने वाले सभी अल्पसंख्यक भाईयों से अपील करना चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से आपको गुमराह करने के लिए और निहीत राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए यह गलत फहमी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर के पैदा की जा रही है आप किसी भी सूरत में दिग्भ्रमित न हों उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अल्पससंख्यक समुदाय क अनेक लोगों से मुलाकात कर उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के बारे में समझाया और इस क़ानून के बारे में पुस्तिका भी भेंट की साथ ही गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित गोष्ठी में प्रबुद्धजनों से कहा कि यह क़ानून मानवता के आधार पर प्रताड़ित लोगों को देश में शरण देने की नीति का हिस्सा है उन्होंने कहा कि इस क़ानून के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से लोगों को सचेत करने के लिए यह जागरूकता अभियान ज़रूरी है बाइट प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत की परंपरा के अनुसार ये नागरिकता देने का क़ानून है जो भारत की विश्व मानवता के प्रति पीड़ित और प्राड़िता मानवता को भारत की शरण देने की नीति का हिस्सा रहा है लेकिन पीड़ित और प्रताड़ित लोगों के प्रति कांग्रेस की संवेदनहीनता समाजवादी पार्टी की संवेदनहीनता का ही यह दुष्परिणाम है कि उन लोगों के द्वारा नागरिकता देने के क़ानून को भी अफवाह फैलाकर नागरिकता लेने के साथ जोड़ने की कुचेष्टा की गयी और उसके नाम पर हिंसा को भड़काने का काम इन लोगों ने किया इन लोगों ने कई क्षेत्रों में इसलिए जन जागरूकता इसके लिए आवश्यक था आने वाले समय में जनजागरण का कार्यक्रम वृह्त स्तर पर आगे बढ़ेगा इसके अलावा गाजियाबाद में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान रामपुर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी झांसी में केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल आगरा में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा मथुरा में प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा बस्ती में स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी और मेरठ में राज्यसभा सदस्य अरूण सिंह जनसम्पर्क अभियान में शामिल हुए इन नेताओं ने कहा कि इस कानून के बारे में विपक्ष का दुष्प्रचार अभियान जल्द ही विफल हो जायेगा और वास्तविकता लोगों के सामने होगी प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा नागरिकता संशोधन क़ानून के बारे में लोगों को तथ्यात्मक जानकारी देने और भ्रांतियां दूर करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला के तहत आज जानमाने रंगकर्मी और वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल रस्तोगी ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए लोगों से इस क़ानून के बारे में विपक्ष द्वारा चलाये जा रहे दुष्प्रचार से भ्रमित न होने का आहवान किया बाइट सीएए जो है ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हमारी पार्लियामेंट ने पास किया है लोकसभा राज्यसभा में सिम्पली उन लोगों के लिए है जोकि बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो विस्थापित लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म किये गये हैं जिनमें कि छह समुदाय के लोगों को जोड़ लिया अब उसके सब लोग क्वेशचन उठाते कि उसमें मुस्लिम लोगों को क्यों नहीं लिया गया भाई वह बेसिकली ये तीनों इस्लामिक कंट्री हैं वहां के बशिंदे हैं तो जाहिर है कि उनका धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो रहा है तो सीएए के बारे में मैं उन सब लोगों की भर्त्सना करता हूं जिन्होंने इसमें घी डाल कर के आग को बढ़ाने का काम किया है जो कि लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं क्यों कि सीएए से यहां के नागरिकों को कोई लेना देना नहीं है

खास कर के बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना चाहिए कि वह जो अनपढ़ लोग हैं या जो लोग कम जानते है ये बातें उनके बीच में फैलाएं और देश का माहौल अच्छा करें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

प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकृत एजेंट के रूप में जोड़ने की एक अभिनव योजना तैयार की है राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार की गई इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के बेरोज़गार यवकों का आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना है योजना के तहत पहले प्रदेश के पांच सौ युवकों को व्यवसाय संवाददाता के रूप में स्वरोज़गार का अवसर दिया जायेगा इस योजना को अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सभी ज़िलों में लागू करने के बारे में भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है प्रदेश में संचालित अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम इन व्यवसाय संवाददाताओं को कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर फिगर प्रिंट मशीन स्वैपिंग मशीन सहित कई उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक मदद देगा व्यवसाय संवाददाताओं को केन्द्र और राज्य सरकार की विविध योजनाओं की जानकारी के साथ साथ जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जायेगा अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी से लैस यह व्यवसाय संवाददाता दलित मित्र की भूमिका में इन वर्गो के लिए मददगार साबित होंगे कानपुर ज़िले में पुखरायां कस्बे के रहने वाले पार्थ बंसल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो हजार बीस के लिए चुना गया है आगामी बाइस जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पार्थ को यह सम्मान प्रदान करेंगे

पार्थ द्वारा बनायी गयी छड़ी को इस साल जून में सरकार ने पेटेंट भी प्रदान किया है भारत और श्रीलंका के बीच तीन ट्वेंटी ट्वेंटी मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापाड़ा स्टेडियम में हो रहा है आकाशवाणी से इस मैच का आखों देखा हाल एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सूना जा सकता है